प्रदेश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या इकतालीस हजार के पार

प्रदेश में कई स्थानों पर सुरक्षा तटबंधों के टूटने से बाढ़ की स्थिति और गम्भीर हो गयी है राज्य के ग्यारह जिलों के लगभग पच्चीस लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार तिरानवे प्रखंडों की सात सौ पैंसठ पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुई है सबसे अधिक नौ लाख लोग दरभंगा जिले में बाढ़ से प्रभावित हैं जिले के चौदह प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं वहीं मुजफ्फरपुर पूर्वी चम्पारण और पश्चिम चम्पारण में भी दस लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है इस बीच प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज हो गया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम कर रही है वहीं वायु सेना के तीन हेलीकॉप्टर राहत कार्य में लगे हैं अब तक एक लाख सत्तर हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान सारण और चम्पारण के तटबंधों को पहुंचा है गंडक नदी के उफान के कारण कई स्थानों पर बांध ट्रट गया है मोतिहारी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कच्चे घरों और फसलों को भारी क्षति पहुंची है

इधर बाढ़ का पानी फैलने से सारण जिले के कई हिस्से बाढ़ प्रभावित हुये हैं जिले के पांच प्रखंड के चौबीस पंचायत बाढ़ से प्रभावित है दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति अब भी गम्भीर बनी हुई है बाढ़ पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए तीन सौ सतासी सामुदायिक रसोई घर बनाये गये हैं जिले में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिये गये हैं वहीं पशुओं के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चारे की भी व्यवस्था की जा रही है

पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर रेल मंडल अन्तर्गत समस्तीपूर दरभंगा रेलखंड पर आज चौथे दिन भी ट्रेनों का परिचालन बंद है वहीं मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर ट्रेक पर बाढ़ का पानी आ जाने से लगातार तिसरे दिन रेलगाड़ियों की आवाजाही बंद है खगड़िया जिले में बत्तीस पंचायत बाढ़ से प्रभावित है जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए एक राहत शिविर और तीन सामुदायिक रसोई घर बनाये गये हैं इधर बेगूसराय जिले में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से सुरक्षा बांधों पर दबाव बढ़ गया है चेरिया बरियारपुर प्रखंड के बसही में सुरक्षा बांध से रिसाव हो रहा है खोदावंदपुर प्रखंड के आकोपुर बिदुलिया और बेगूसराय सदर प्रखंड के बंदुआर में बांधों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है कटिहार जिले में महानंदा नदी के दायां तटबंध के किनारे बसे कदवा प्रखंड के दो दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं वहीं प्राणपुर बारसोई और मनसाही प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है प्रदेश की प्रमुख नदियों का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर बना हुआ है उधर बागमती नदी के जलस्तर में कमी के बावजूद यह कई स्थानों पर लाल निशान से ऊपर बनी हुई है सीतामढ़ी के कटौंझा में बागमती नदी खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर बह रही है बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और खगड़िया जिले में कई स्थान पर बढ़ोतरी दर्ज की गयी है समस्तीपूर के रोसड़ा में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर चला गया है वहीं कोसी नदी के जलस्तर में कटिहार को छोड़कर ज्यादातर स्थानों पर कमी देखी जा रही है प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना बक्सर और मुंगेर में विभिन्न स्थानों पर स्थिर बना हुआ है जबकि भागलपुर और कहलगांव में इसमें बढ़ोतरी हुई है मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी बिहार के सत्रह जिलों में आज से दो दिनों तक मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है इनमें किशनगंज अररिया कटिहार पूर्णियां सुपौल सहरसा मधेपुरा मधुबनी सीतामढ़ी दरभंगा पूर्वी चम्पारण पश्चिम चम्पारण शिवहर गोपालगंज मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और खगड़िया जिले शामिल हैं मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि मॉनसून की अक्षीय रेखा हिमालय की तराई क्षेत्र से गुजर रही है जिससे कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड उन्नीस महामारी रोकथाम को लेकर सही समय पर लिये गये फैसलों से देश में इसकी स्थिति संभली हुई है और दूसरे बड़े देशों के मुकाबले मृत्यु दर भी कम है प्रधानमंत्री आईसीएमआर के चार कोविड जांच केन्द्रों का वीडियो कांफ्रेंस के जरिये उद्घाटन करने के बाद चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि इस महामारी से लड़ने में देश ने बहुत तेज गति से अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में इक्कीस सौ बानवे नये मामलों की पुष्टि की गयी है जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या इकतालीस हजार एक सौ ग्यारह हो गयी है राज्य में सबसे अधिक पांच सौ तिरपन नये मामले पटना जिले से सामने आये हैं वहीं गया और नवादा में इक्यानवे इक्यानवे नालंदा में सतासी पूर्णियां में बेरासी पश्चिम चम्पारण में उन्यासी सुपौल में अठहत्तर भोजपूर में सतहत्तर रोहतास में उनहत्तर औरंगाबाद में सड़सठ सारण में तिरसठ जबकि किशनगंज में साठ नये मामले आये हैं मध्रबनी मुजफ्फरपूर और मधेपूरा में पचास पचास से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में इस महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर दो सौ पचपन हो गयी है वहीं इलाज के बाद लगभग अट्ठाई हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि संक्रमित लोगों में से लगभग अड़सठ प्रतिशत मरीज स्वस्थ हो चुके हैं पटना में सबसे अधिक संक्रमण के मामले पाये गये हैं अब तक सात हजार से अधिक लोग जिले में संक्रमित हुये हैं वहीं इकतालीस लोगों की इस महामारी से मृत्यु हुई है पटना जिले में अड़तीस सौ से अधिक लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं वहीं भागलपुर जिला संक्रमण के मामले में पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर है यहां बाईस सौ अस्सी लोगों को संक्रमित पाया गया है जबकि छब्बीस लोगों की मृत्यु हुई है राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को हटा दिया है मौजूदा प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत के स्थान पर प्रत्यय अमृत को स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है दो महीने के भीतर तीसरी बार राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को बदल दिया है वहीं जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस को ऊर्जा विभाग का सचिव बनाया गया है राज्य में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मद्देनजर निचली अदालतें तीन अगस्त तक बंद रहेंगी गौरतलब है कि चौदह जुलाई से सभी निचली अदालतें बंद है बांका जिले में प्रधान डाकघर के सहायक डाकपाल के संक्रमित पाये जाने के बाद जीपीओ को दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है पूरे डाकघर परिसर को सेनेटाईज किया जा रहा है इधर शेखप्रा जिले में आज से सभी बैंक शाखाएं खूल गयी पिछले पांच दिनों से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बैंक शाखायें बंद थी देश में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमण के लगभग पचास हजार मामले सामने आये हैं संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर चौदह लाख पैंतीस हजार चार सौ तिरपन हो गया है इधर लगभग बत्तीस हजार मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर नौ लाख सत्रह हजार पांच सौ अड़सठ हो गयी वहीं पिछले चौबीस घंटों में इस महामारी से सात सौ आठ लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बत्तीस हजार सात सौ इकहत्तर हो गयी है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सुरक्षित दूरी बनाये रखने पर बल दिया है बाईट जब तक हमारे पास उनकी ट्रिटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में न निकले तब तक हमें जो प्रिकोसिंग मेजर्स है वो फोलो करने हैं

कोशिश करे कम से कम घर से बाहर निकलना और जबकि निकलना भी पड़े घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खडें रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें जाने माने दिव्यांग कार्यकर्ता प्रसन्न कुमार पिंचा का आज दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली में निधन हो गया वे देश के पहले दृष्टि दिव्यांग मुख्य आयुक्त थे दिव्यांगों के अधिकारों के लिए की गयी कई पहल के लिए उन्हें हमेशा याद किया जायेगा उनके निधन पर बिहार नेत्रहीन परिषद पटना के महासचिव नवल किशोर शर्मा और अन्य गणमान्य लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है केन्द्र सरकार ने चीन के सैंतालीस और मोबाईल एप पर प्रतिबंध लगा दिया है इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और डाटा की निजता के मद्देनजर उनसठ चीनी एप को प्रतिबंधित किया गया था और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी

प्रदेश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या इकतालीस हजार के पार